झूंझनूं से हमारे संवादााता ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी को कोरोना वैक्सीन लगाई गई हैं

यहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जस्सा राम बोस को कोरोना का टीका लगाया गया सवाई माधोपुर और सीकर में भी पुलिस कर्मियों को वैक्सीन की डोज दी जा रही है इसके अतिरिक्त होम गार्ड्स और सिविल डिफेंस के जवानों को भी टीके लगाए जाएंगे

वहीं सवाई माधोपुर चूरू और टोंक के बाद अब झुंझुनूं जिले में कोई भी सकिय मामला नहीं बचा है

मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति तथा न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग की खंडपीठ ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए रीट में बीएड डिग्रीधारी याचिकाकर्ताओं को भी आवेदन करने की अनुमति प्रदान करने के आदेश दिए है केन्द्र सरकार सिविल सेवा परीक्षा के ऐसे अभ्यर्थियों को एक और अवसर देगी जो पिछले वर्ष कोविड महामारी के दौरान परीक्षा में शामिल हुए थे और उनके सभी अवसर समाप्त हो चुके हैं उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक याचिका की सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार ने अपने जवाब में ये बता कही वहीं केन्द्र सरकार ने कहा कि आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने के लिए दूसरा अवसर नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने नये कृषि कानूनों के सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से उल्लेख किया है श्री मोदी ने अपने टवीट में एक वीडियो लिंक साझा करते हुए लोगों से अपील की है कि वे राज्यसभा में दिये गये श्री तोमर का बयान सुनें

नागौर जिले की कुंचेरा नगर पालिका झुंझनूं जिले की मुकुंदगढ़ नगर पालिका और बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ नगर पालिका में अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं

इसके अलावा ज्यादातर नगर निकायों में दो या तीन प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है मतदान पूरा होने के तुरंत बाद मतगणना कर नतीजे घोषित कर दिये जायेंगे

प्रदेश में आज अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई